बजट में किसी नये कर का प्रावधान नहीं बजट में शिक्षा ग्रामीण विकास और समाज कल्याण पर विशेष जोर

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

इस बार बजट आकार दो लाख अठारह हजार तीन सौ तीन करोड़ रूपये है यह पिछले वर्ष की तुलना में छह हजार पांच सौ इकतालीस करोड़ रूपये अधिक है बजट में राज्य सरकार की कुल आमदनी दो लाख अठारह हजार पांच सौ दो करोड़ रूपये रहने का अनुमान है

वहीं ग्रामीण विकास के लिये सोलह हजार सात सौ तिरासी और समाज कल्याण विभाग के लिये आठ हजार एक सौ इक्यानवे करोड़ रूपये का आवंटन हुआ है बजट में किसी प्रकार का नया कर नहीं लगाया गया है बजट पेश करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि आत्मनिर्भर बिहार के लिये सात निश्चय योजना के द्रसरे चरण की शुरूआत की गयी है इसके लिये बजट में चार हजार छह सौ इकहत्तर करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है वित्त मंत्री ने कहा कि इसके तहत कौशल विकास पर विशेष रूप से बल दिया गया है ताकि युवाओं को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिये प्रेरित किया जा सके उन्होंने कहा कि इसके लिये हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाये जायेंगे हर प्रमंडल में टूल रूम का निर्माण होगा आईटीआई और पॉलिटेक्निक की गुणवत्ता बढ़ायी जायेगी वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के इन प्रयासों का उद्देश्य अगले पांच सालों में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के बीस लाख नये अवसर सृजित करना है श्री प्रसाद ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता नाम से एक नये विभाग का गठन किया जायेगा जिसके अंतर्गत आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थान भी शामिल होंगे

वहीं महिला उद्यमियों को पांच लाख रूपये ऋण अनुदान और पांच लाख रूपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जायेगा

उन्होंने कहा कि महिलाओं को रोजगार में पैंतीस प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी है और कार्यालयों में उनकी भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं

उन्होंने दलहन के लिये भी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की घोषणा की

उन्होंने बजट में देशी गाय के नस्ल को समृद्ध करने के लिये गोवंश विकास संस्थान की स्थापना की घोषणा की

राजगीर में प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का भी बजट में प्रावधान किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट की प्रशंसा की है श्री कुमार ने कहा कि यह बजट संतुलित है और इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि दो हजार पांच से अब तक राज्य का विकास दर दो अंको में रहा है और इस बार का बजट उसे और गति देगा उन्होंने कहा कि बजट में सात निश्चय योजना के पहले चरण के तहत अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिये राशि का प्रावधान किया गया है

उन्होंने इसे सिर्फ घोषणा करार देते हुए कहा कि किसी भी क्षेत्र की प्रगति के लिये बजट में ठोस प्रावधान नहीं किये गये हैं श्री यादव ने बीस लाख रोजगार सुजन की घोषणा पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि सरकार को इसका ब्लूप्रिंट रखना चाहिए वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि बजट में कोई ऐसी बात नहीं है जिसे नया कहा जा सके उन्होंने कहा कि यह सिर्फ घोषणाओं का पुलिंदा है और इससे राज्य के विकास को गति नहीं मिल सकती है उद्योग जगत और आम लोगों की बजट पर मिली जूली प्रतिक्रिया सामने आयी है जाने माने अर्थशास्त्री डीएन झा ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि बजट में उद्यमिता के माध्यम से विकास को नई रफ्तार देने की कोशिश की गयी है

उन्होंने जहरीली शराब से पिछले दिनों हुई मौत महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी सवाल पूछे इन मुद्दों को लेकर विपक्ष द्वारा विधानसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया गया जिसे विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने अस्वीकार कर दिया इसके बाद राजद कांग्रेस और वाम दलों के सदस्य हंगामा करते हुए वेल तक पहुंच गये हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिये स्थगित कर दी गयी वहीं विधान परिषद् में भी मैट्रिक के प्रश्न पत्र लीक होने का मामला उठा विपक्षी सदस्यों ने इस मामले को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर को बर्खास्त करने की मांग की द्रसरी तरफ कांग्रेस के मदन मोहन झा ने मुखिया को मानदेय नहीं मिलने का मामला उठाया इसके जवाब में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मानदेय के लिये अठारह फरवरी को ही जिलों को एक सौ बारह करोड़ रूपये की राशि भेज दी गयी है और जल्द ही इसका वितरण कर दिया जायेगा लोक जनशक्ति पार्टी की विधान पार्षद नूतन सिंह आज भाजपा में शामिल हो गयीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलायी बिहार कोविड टीकाकरण के मामले में देश भर में पहले स्थान पर बना हआ है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार राज्य में लक्ष्य के विरूद्व पचासी प्रतिशत लाभार्थियों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है राज्य में अब तक पांच लाख बाईस हजार नौ सौ सतहत्तर लोगों को टीके की पहली डोज दी गयी है वहीं उनतालीस हजार से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की दूसरी खुराक दी जा चुकी है

बजट में किसी नये कर का प्रावधान नहीं बजट में शिक्षा ग्रामीण विकास और समाज कल्याण पर विशेष जोर